विभिन्न दलों के नेता कर रहे हैं जनसभाएं और रोड़ शो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा जीएसटी से व्यापार प्रणाली में आई पारदर्शिता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एन डी ए सरकार पर देश की आर्थिक सुरक्षा के महत्व की अनदेखी का लगाया आरोप भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा एनडीए सरकार के पांच वर्षो के कार्यकाल के दौरान देश ने की है अभूतपूर्व प्रगति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अव्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनीतिक स्वार्थ के लिये लोगों को बांटने का भाजपा पर लगाया आरोप लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में आयोजित जनसभाओं और रोड शो में भाग ले रहे हैं इस चरण में तेईस अप्रैल को तेरह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों के एक सौ सोलह निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एनडीए सरकार के पांच वर्षो के कार्यकाल के दौरान देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है देश की जनता विकास के इस क्रम को जारी रखने के लिये भाजपा को पुनः बहुमत का जनादेश देगी श्री योगी चुनाव आयोग द्वारा उन पर लगाये गये तीन दिन के प्रचार प्रतिबंध की सीमा खत्म होने के बाद कल इटावा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तुष्टिकरण की नीति के बजाय सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करती है श्री योगी ने मिश्रिख में पार्टी प्रत्याशी अशोक रावत इटावा में डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के समर्थन में चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया उधर बरेली में गठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनैतिक स्वार्थ के लिये लोगों के बीच वैमनस्य की दीवार खड़ी कर दी है जिसे गठबंधन गिरायेगा उन्होंने कहा कि पिछले दो चरणों में सम्पन्न मतदान में गठबंधन के पक्ष में अच्छा वोट पड़ा है और सपा बसपा गठबंधन ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है इसी क्रम में कल समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने मैनपुरी में एक संयुक्त रैली को संबोधित किया इस दौरान सुश्री मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रहार करते हुये कहा कि दोनों पार्टियाँ लोगों से झूठे वादे कर रही हैं उन्होंने कहा कि भाजपा का विदेशों से कालाधन लाने और गरीबों के खाते में पन्द्रह पन्द्रह लाख रूपये जमा कराने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ और इसी तरह कांग्रेस का ग़रीबों को बहत्तर हजार रूपये सालाना देने का वादा पूरा नहीं हो सकेगा सुश्री मायावती ने कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन देश की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र किया गया है रैली में अपने संक्षिप्त बयान में मुलायम सिंह यादव ने लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि बसपा प्रमुख मायावती ने हमेशा उनकी मदद की है उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर में पार्टी प्रत्याशी श्रीप्रकाश जायसवाल के सम्थन में रोड शो कर के लोगों से वोट मांगा यह रोड शो नगर के नया गंज से शुरू हो कर विभिन्न रास्तों से गुजरता हुआ बिरहाना रोड़ पर समाप्त हुआ इस दौरान कई जगहों पर श्रीमती गांधी का स्वागत भी किया गया

बसपा प्रमुख मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बरेली मेंभी गठबंधन प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया चुनाव आयोग द्वारा तीन दिनों के प्रतिबंधके बाद भारतीय जनता पार्टी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव गतिविधियोंको फिर से शुरू किया और फिरोजाबाद संभल हरदोई और इटावा में जनसभाओं को संबोधितकिया कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शाम कानपुर में पार्टी उम्मीदवार के पक्षमें रोड शो किया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एटा और बरेली संसदीय क्षेत्रों में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे एटा सेआकाशवाणी समाचार के लिए मुलतान सिंह यादव कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी कल शिवसेना में शामिल हो गयी हैं पार्टी नेतृत्व के रवैये से क्षुब्ब सुश्री चतुर्वेदी ने अपना त्याग पत्र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दिया है अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा है कि हालांकि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और सशक्तिकरण को हमेशा बढ़ावा देती है लेकिन कुछ सदस्यों का व्यवहार इसके विपरीत है विगत दिनों एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कांग्रेस के कूछ कार्यकर्ताओं ने सुश्री चतुर्वेदी के साथ दुर्व्यवहार किया था उनकी शिकायत पर इन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें बहाल कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जी एस टी से देश की व्यापार प्रणाली में पारदर्शिता आयी है उन्होंने कहा कि जीएसटी से राज्यों के राजस्व में डेढ़ गुना बढ़ोतरी हुई है कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी धन्यवाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद पंजीकृत व्यापारियों की संख्या दोगुनी हो गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान पूरी ईमानदारी से व्यापार और लोगों के जीवन को सरल बनाने के प्रयास किये हैं देश कीअर्थव्यवस्था में जैसे ईमानदारी बढ़ती जाएगी पारदर्शिता बढ़ेगी तो उसकी मजबूती देशके विकास में और मददगार साबित होगी यह हमारे देश के व्यापारियों की ही ताकत थी किभारत सोने की चिड़िया कहा जाता था प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर कर की दर शून्य है जबकि अन्ठानबे प्रतिशत वस्तुएं अट्ठारह प्रतिशत के कर स्लैब से नीचे आती हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अब व्यापारी उन्सठ मिनट लोन पोर्टल से एक घंटे से भी कम समय में एक करोड़ रूपये तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आर्थिक सुरक्षा के महत्व की अनदेखी की है कर्नाटक के रायचूर में कल एक जनसभा में श्री गांधी ने आरोप लगाया कि श्री मोदी ने देश के आम लोगों को धोखा दिया है कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय विनाशकारी रहे हैं वस्त और सेवा कर जीएसटी को गलत तरीके से लागू करना उनकी खराब आर्थिक नीतियों का एक उदाहरण है इससे पहले गुजरात के तापी जिले के बाजीपुरा में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि न्याय योजना के अंतर्गत देश में कम से कम पांच करोड़ परिवारों का फायदा होगा

इस चरण में सात राज्यों के इक्यावन निर्वाचन क्षेत्रों में छ मई को वोट डाले जाएंगे नामांकन पत्रों की जांच आज होगी बाईस अप्रैल तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे सऊदी अरब ने भारतीय हज यात्रियों का कोटा पौने दो लाख से बढ़ाकर दो लाख करने का आदेश जारी कर दिया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस फैसले से हज यात्रियों के आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त की जा सकेगी और वे इस वर्ष हज यात्रा कर सकेंगे इस वर्ष फरवरी में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद विन सलमान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक बैठक में भारत के हज कोटे में पच्चीस हजार की बढोत्तरी करने की घोषणा की थी प्रदेश भर में कल हनुमान जयन्ती हर्षोल्लास और श्रद्वाभाव से मनायी गयी शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के हनुमान मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया इन मंदिरों में सुन्दरकांड पाठ भजन संध्या और भंडारों का आयोजन किया गया लखनऊ के सदर स्थित द्वादश ज्योर्तिलिंग धाम में भव्य श्रंगार के साथ साथ सुन्दर कांड का पाठ भी किया गया वहीं हनुमान सेतु मंदिर में दो दिवसीय श्री हनुमान जी प्राकट्य उत्सव का आयोजन किया गया है जहां श्री राम मारूति यज्ञ के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया

यह दिन प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने की याद में मनाया जाता है मान्यता है कि सलीब पर चढ़ाये जाने के तीन दिन बाद प्रभु यीशु जीवित हो गये थे बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से विश्व प्रसिद्व चौरासी कोसी परिक्रमा आज सुवह शुरू हो गयी इस परिक्रमा की शुरूआत श्रद्वालुओं द्वारा मखौड़ा धाम की पौराणिक मनोरमा नदी मे स्नान पूजा अर्चना और विविध अनुष्ठानों के बाद हुई